विधानसभा सत्र मध्यप्रदेश में नवगठित पंद्रहवीं विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरु होगा

सत्र के पहले दिन आज नवनिर्वाचित विधायको को प्रोटेम स्पीकर दीपक सक्सेना शपथ दिलायेंगे दूसरे दिन विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होगा इसी दिन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण भी होगा

इससे पहले कल भोपाल में मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आयोजित की गई जिसमें सत्र को लेकर रणनीति तैयार की गई

भाजपा बैठक भोपाल में आज भाजपा के नवनिर्वाचित विधायकों की भी बैठक ब्रलाई गई है

बैठक में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश प्रभारी डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे खासतौर पर मौजूद रहेंगे बताया जा रहा है कि श्री सिंह और श्री सहस्त्रब्द्वे बैठक में विधायकों से नेता प्रतिपक्ष के नाम पर चर्चा करेंगे बैठक में सत्र के दौरान राज्य सरकार को घेरने की रणनीति पर भी चर्चा की जायेगी

भाजपा समिति भारतीय जनता पार्टी ने आगामी आम चुनावों का घोषणा पत्र तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया है पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह बीस सदस्यों वाली इस समिति के अध्यक्ष होंगे वित्तमंत्री अरुण जेटली प्रचार समिति के अध्यक्ष होंगे सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद को मीडिया समिति का प्रभारी बनाया गया है वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी सामाजिक और स्वयंसेवी संगठनों से संपर्क करने वाली समिति के अध्यक्ष होंगे विदेश मंत्री सुषमा स्वराज चुनाव साहित्य प्रकाशित करने वाले समूह का नेतृत्व करेंगी ड्राइविंग लाइसेंस आधार केन्द्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा है कि सरकार जल्द ही ड्राइविंग लाईसेंस को आधार से जोड़ना अनिवार्य बनाएगी कानून और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि वे जल्द ही इसे अनिवार्य बनाने के लिए कानून लाएंगे

आधार से जुड़ जाने पर कोई भी व्यक्ति अपना नाम तो बदल सकता है लेकिन वह अपनी बायोमेट्रिक जानकारी र्जैसे आंखों की पुतली और फिंगर प्रट्स संबंधी डेटा को बदल नहीं पाएगा जेल सुरक्षा गृह एवं जेल मंत्री बाला बच्चन ने कहा है कि प्रदेश में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिर्य जेलों की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने की जरूरत है इसके लिये उन्होंने अधिकारियों को सभी आवश्यक उपाय करने के निर्देश दिये जेल मंत्री कल भोपाल में जेल मुख्यालय में जेल विभाग के अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि विभाग में रिक्त पड़े पदों पर भर्ती प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जाये श्री बच्चन ने सर्वोच्च न्यायालय की उस गाइड लाइन का भी उल्लेख किया जिसमें जेलों की सुरक्षा के लिये निश्चित क्षमता के अनुसार कैदी रखे जाने के लिये कहा गया है

कल भोपाल में आयोजित कये गयेएडवोकेट एसोसिएशन फॉर जूनियर नव वर्ष मिलन समारोह में उन्होंने यह बात कही श्री शर्मा ने कहा कि आवश्यकतानुसार नये न्यायालय खोले जायेंगे इस दौरान कार्यक्रम में शामिल पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि अधिवक्ता समाज में अच्छा वातावरण बनाने और गरीबों को न्याय दिलवाने में सहयोग करें उन्होंने कहा कि अधिवक्ता संकट मोचक होते हैं वहीं जनजातीय कार्य एवं जनजातीय कल्याण मंत्री ओंकार सिंह मरकाम ने कहा कि अधिवक्ताओं के सुझावों को हमेशा प्राथमिकता दी जायेगी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री सुखदेव पांसे ने भी संबोधित किया

रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक अरुण कुमार ने यह जानकारी देते हुये बताया कि उच्च तकनीक वाली इस सुरक्षा योजना को इस महीने शुरू हो रहे कुंभ मेले के मद्देनजर इलाहाबाद में और कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन पर पहले से ही शुरू कर दिया गया है

श्री कुमार ने कहा कि स्टेशन के प्रत्येक प्रवेश बिंदु पर आकस्मिक सुरक्षा जांच होगी

कमलनाथ क्षिप्रा शनिश्चरी अमावस्या पर उज्जैन में क्षिप्रा नदी के सूखने से श्रद्दालुओं को स्नान में आई बाधा पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जांच के निर्देश दिये हैं उन्होंने मुख्य सचिव से इस पूरे मामले की तुरंत रिपोर्ट देने को कहा है उन्होंने कहा है कि जानकारी होने के बाद भी श्रद्वालुओं के स्नान की माकूल व्यवस्था क्यों नहीं की गई इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने नर्मदा का पानी क्षिप्रा नदी में नहीं आने के मामले में भी जांच के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि उनकी सरकार में धार्मिक आस्थाओं के साथ खिलवाड़ का कोई छोटा सा मामला भी बर्दाश्त नहीं किया जायेगा

दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालय सामाजिक सरोकारों को निभाने का दायित्व लें बालिकाओं के स्वास्थ्य और कुपोषण से मुक्ति में समाज आगे आये राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में यह बात कही उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पीठ स्थापित किये जाने पर बल दिया इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालयों में निर्धारित समय पर पढ़ाई परीक्षा और परिणामों का आना जरूरी है उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों और प्राथमिक विद्यालयों के बीच अंतर्संबंध होना चाहिये प्रायमरी और मिडिल के बच्चों को विश्वविद्यालय का भ्रमण कराना चाहिये जिससे उच्च शिक्षा के प्रति उनमें ललक पैदा हो सके राज्यपाल ने दीक्षांत समारोह में पीएचडी उपाधि प्राप्त विद्यार्थियों से आव्हान किया कि वे अपने शोध को समाज के सामने भी प्रस्तुत करें सिंधिया शिवपुरी में कल पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कलेक्टर कार्यालय में विकास कार्यो की समीक्षा की इस दौरान सांसद सिंधिया ने सीवर प्रोजेक्ट और सिंध जलावर्धन योजना के कार्यों की समीक्षा की सांसद सिंधिया ने निर्माणधीन एनटीपीसी इंजीनियरिंग कॉलेज व मेडिकल कॉलेज का भी निरीक्षण किया

जीतू पटवारी उच्च शिक्षा और खेल एवं युवक कल्याण मंत्री जीतू पटवारी कल इंदौर में श्री गुरू गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व के संदर्भ में नगर कीर्तन में शामिल हुए उन्होंने पालकी और पंज प्यारे को मत्था टेका

नगर कीर्तन टॉवर चौराहे से तोपखाना गुरूद्वारे तक निकाला गया मौसम काश्मीर में हो रही ताजा बर्फबारी का असर प्रदेश में भी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा मौसम विभाग के अनुसार दो दिन बाद फिर से प्रदेश के कई स्थानों पर कडाके की ठंड पड़ सकती है

इस दौरान कल भोपाल में ठंडी हवाये भी चली आज शाम तक मौसम में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है

इस दौरान उन्होंने कहा कि राजनीतिक संरक्षक अवैध उत्खनन का बड़ा कारण है